मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सकारात्मक सोच इच्छाशक्ति और सामथ्य के सही उपयोग से जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है वह आज शाम वर्चुअल माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के शताब्दी समारोह में बोल रहे थे प्रदेश में रायबरेली के रेल कोच फैक्ट्री का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सामथ्य का सही उपयोग नहीं किया जा रहा था लेकिन उनकी सरकार आने के बाद क्षमता का उपयोग कर अब तेजी से उत्पादन हो रहा है बाइट लम्बे समय तक हमारे यहां समस्या यह रही है कि हम अपने सामर्थ्य का प्ररा उपयोग नहीं करते जब सामर्थ्य का सही उपयोग न हो तो क्या नतीजा होता है मैं आज आपके बीच में उदाहरण देना चाहता हूं और यहां यूपी में वह ज्यादा सुटेबल है आपके बहुत लखनऊ जो बहुत दूर नहीं है रायबरेली का रेल कोच फैक्ट्री वर्षो पहले वहां निवेश हुआ संसाधन लगे मशीने लगी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई रेल कोच बनायेंगे लेकिन अनेक सालों तक वहां सिर्फ डेटिंग पेंटिंग का काम चलता रहा फैक्ट्री में रेल के डिब्बे बनने का सामर्थ्य था उसमे प्ररी क्षमता से काम कभी नही हुआ

सामर्थ्य का सही इस्तेमाल कैसे होता है वह अपके बगल में ही और दुनिया आज इस बात को देख रही है प्रधानमंत्री ने इच्छाशक्ति के संबंध में यूरिया को लेकर उदाहरण देते हए कहा कि दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते यूरिया की देश में कालाबाजारी बंद कराई बाइट साथियों सामर्थ्य के उपयोग के साथ साथ नियत और इच्छाशक्ति का होना उतना ही जरूरी है इच्छाशक्ति न हो तो भी आपको जीवन में सही नतीजे नहीं मिल पाते इच्छाशक्ति से कैसे बदलाव होता है इसका उदाहरण एक जमाने में देश मे यूरिया उत्पादन के बहुत से कारखाने थे लेकिन बावजूद इसके बाकी यूरिया भारत बाहर से मंगवाता था इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि जो देश के खाद कारखाने थे वह अपनी फुल कैपिसिटी में काम ही नहीं कर रहे थे सरकार में आने के बाद जब मैने अफसरों से इस बारे में बात की तो मैं हैरान रह गया

इसी का नतीजा है कि आज देश में यूरिया कारखाने पूरी क्षमता से काम कर रहे है इसके अलावा एक और समस्या थी यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से जीवन में सकारात्मक सोच अपनाकर आगे बढ़ने का आहवान किया प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन में आत्मचिंतन की बड़ी आवश्यकता है उन्होंने विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों से स्थानीय उत्पादों की माकेंटिंग और ब्रांडिंग की दिशा में कार्य करने के लिये कहा लखनऊ विश्वविद्यालय की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के केन्द्र नहीं बल्कि ऊँचे लक्ष्यों को हासिल करने क पावर हाउस है

उन्होंने डाक विभाग की ओर से जारी विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण का भी लोकार्पण किया इस कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहं

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिये यह कार्य पूरी सक्रियता से किया जाना चाहिये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था पर एक उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्रो ने कहा कि लोगों को कोरोना के बारे में पूरी तरह सतर्क रहने और सावधानी बरतने के बारे में लगातार जागरूक करने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से किया जाना चाहिये मुख्यमंत्री ने लखनऊ गौतमबुद्ध नगर मेरठ और गाजियाबाद में कोरोना क रिकवरी रेट को बेहतर बनाने के लिये आवश्यक व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिये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

प्रदेश सरकार ने शादियों के लिए गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर पाबंदी लगान के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है इसके तहत शादी करने के लिए बलपूर्वक या धोखा देकर अथवा दबाव डालकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन के मामलों पर अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान होगा

ऐसी शादियां शून्य घोषित कर दी जाएगी

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ राज्य सरकार ने प्रदेश में छह महीने की अवधि के लिये आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लागू कर दिया है इस अधिनियम के लागू होने के बाद प्रदेश सरकार के तथा निगमों और स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों की हड़ताल निषिद्ध मानी जायेगी